उन्होंने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री पियंष गोयल से मेंट की और कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित साधन है मुख्यमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और रेल लाईनों के लिए नए रूट चिन्हित करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार प्रदेश की काफी समय से लंबित मांग है और भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन से प्रदेश में सम्पर्क सुविधा अधिक सुदढ हो सकेगी जयराम ठाकर ने केन्द्र से ऊना में बल्क ड्रग फार्मा स्थापित करने के लिए सहयोग का भी आग्रह किया इस दौरान उन्होंने कोन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला जिले के ठियोग जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने चंबा ज़िला के पांगी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अर्की के बथालंग में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इसी तरह पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मंडी के पघर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने ऊना के हरोली स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किन्नौर और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सिरमौर के रेणुका में जन समस्याए सुनी वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैजनाथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ँ हमीरपुर के बड़सर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज कुल्लू और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रभेश धवाला बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम में मौजूद रहे अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने कहा है कि धौलासिद्ध और लुहरी परियोजनाएं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगी उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जिले के टौणी देवी में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है इसके अलावा किसानों की आय दोग्ना करने के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं अनुराग ठाकर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चौरी गांव में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के समारोह में भी शिरक्त की और कामगारों को साईकिले व अन्य सामान वितरित किया उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार ने मनरेगा के लिए एक लाख एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और ये राशि पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च की जा रही है

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का चिंतन भारतीय परम्परा पर आधारित है और वे अंतिम सांस तक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत्त रहे राज्यपाल ने शताब्दी कार्यक्रम पर आधारित एक प्रस्तक का भी विमोचन किया

जाइका परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी नागेश गुलेरिया ने बताया कि इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को वन के साथ जोड़कर आजीविका कमाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सैनिटाई जेशन धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के सुगम केन्द्र में एक कोरोना मामला आने के बाद आज कार्यालय को सैनेटाईज किया गया उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आगामी कल से सुगम केन्द्र को एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा